कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर में कल भारतीय कृषि विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कृषि वैज्ञानिकों से नए नए अनुसंधान को खेत खलिहानों तक पहुंचाने का आह्वान किया मुख्य सचिव ने व्यवहारिक ज्ञान हासिल करने के लिए कृषि से जुड़े विद्यार्थियों को अपना अधिक समय किसानों के बीच लगाने को कहा विशेष अभियान शिक्षा स्तर को और बेहतर बनाने के लिए चंबा जिला में शिक्षा विभाग ने एक विशेष अभियान शुरू किया है इस दौरान सभी सरकारी व निजी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत औपचारिकताएं पूरी न करने वाले स्कूलों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है

उन्होंने बताया कि एक ही स्कूल की कई शाखाएं खोलने वाले स्कूलों को भी नोटिस दिए गए हैं सांख्यिकी दिवस आज सांख्यिकी दिवस है दैनिक जीवन में सांख्यिकी का उपयोग बढ़ाने और नीति निर्माण में सांख्यिकी की उपयोगिता से लोगों को अवगत कराने के लिए यह दिवस मनाया जाता है इस वर्ष की थीम है सतत विकास लक्ष्य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

ये कार्यक्रम आकाशवाणी व दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा पैंशनभोगी राज्य सरकार के पैंशनभोगियों को अपने जीवन प्रमाण पत्र पहली जुलाई से संबंधित कोष कार्यालय में भेजने होंगे वित्त विभाग के एक प्रवक्ता ने बताया कि पैंशनभोगी अपने जीवन प्रमाण पत्र विभाग के वैबसाईट डब्लयू डब्लयू डॉट हिमकोश डॉट एचपी डॉट एनआईसी डॉट इन से डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवाकर इसे कोष कार्यालय में जमा करवाया जा सकता है

पुलिस महानिदेशक सीता राम मरड़ी मैराथन को हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे इससे पहले सभी प्रतिभागियों को नशे के खिलाफ और नशे का प्रयोग न करने बारे शपथ दिलाई जाएगी इस अवसर पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्ट्रडेंट पुलिस कैडेट प्रोग्राम आर हिमाचल पुलिस मोबाईल फोन एप्लीकेशन ड्रग फ्री हिमाचल का भी शुभारंभ भी करेंगे एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की मुम्बई में निवेश के सिलसिले में उद्योगपतियों के साथ हुई बैठक से जुड़ी ख़बर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

पंजाब केसरी लिखता है महिंद्रा ग्रप हिमाचल में कई जगह बनाएगा रिजॉर्ट

दैनिक जागरण का शीर्षक है हिमाचल में निवेश करेंगे मुकेश अंबानी दैनिक भास्कर का कहना है रिलायंस धर्मशाला में रिजॉर्ट व गांवां में ऑप्टिकल फाइबर बिछाएगी हिमाचल दस्तक के शब्द हैं धर्मशाला में रिजॉर्ट बनाना चाहते हैं मुकेश अंबानी जबकि अजीत समाचार ने लिखा है मुकेश अंबानी ने प्रदेश में निवेश करने में दिखाई रूचि आपका फैसला ने मुख्यमंत्री के हवाले से सुर्खी दी है ईज़ ऑफ ड्रइंग बिजनेस पर हो रहा काम

दैनिक भास्कर ने खबर दी है हिमाचल सरकार दोनों नगर निगमों और पंचायतों में एक साथ करवा सकती है चुनाव